सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को झूठे संदेशों को फैलाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से विस्फोटक संदेश और वीडियो भेजने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा एक सौ तिरपन ए के तहत प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए ये धारा दो समुदायों के बीच जाति जन्म स्थान और भाषा के आधार पर वैमनस्य फैलाने को लेकर है न्यायालय ने ऐसे मामलों के निपटारे के लिए हरेक जिले में विशेष त्वरित अदालत के गठन का भी निर्देश दिया साथ ही मामले की जांच के लिए हरेक जिले में एसपी रैंक के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाने का भी निर्देश दिया गया है केन्द्र ने राज्य सरकार से कम बारिश से उत्पन्न स्थिति और फसल रोपनी का ब्यौरा मांगा है केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर बारिश की कमी के कारण खेती पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में पूरी जानकारी देने को कहा है प्रदेश में इस बार मॉनसून के सुस्त पड़ने के कारण अब तक चौबालीस प्रतिशत कम बारिश हुई है जिसका सीधा असर धान की रोपनी पर हुआ है केन्द्र सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के पैनल में शामिल सभी अस्पतालों में आयुष्मान मित्र की नियुक्ति करेगी इसका उद्देश्य लोगों को आयुष्मान भारत योजना का आसानी से लाभ उपलब्ध कराना है आयुष्मान मित्र अस्पतालों में आने वाले मरीजों को योजना के तहत पैकेज का लाभ दिलाने में मदद करेंगे केन्द्र सरकार ने भारतमाला योजना के तहत दरभंगा से औरंगाबाद तक ग्रीन हाईवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है दो सौ पचास किलोमीटर लंबी यह सड़क मुजफ्फरपुर के जारंग से वैशाली के बिदुपुर होते हुए औरंगाबाद तक जायेगी इस सड़क का निर्माण हो जाने से दरभंगा से फोर लेन होते हुए चांदनी चौक से गांधी सेतु पार करने की बड़े वाहनों का मजबूरी खत्म होगी वहीं उत्तर बिहार के लोगों को झारखंड जाने में भी आसानी होगी सीतामढ़ी राज्य का पहला खुले में शौच से मुक्त जिला बन गया है जिलाधिकारी रंजीत कुमार सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इसकी विधिवत घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे उन्होंने बताया कि देश में ओडीएफ घोषित होने वाला सीतामढ़ी चार सौ सोलहवां जिला है जिलाधिकारी ने बताया कि सत्रह प्रखंडों की दो सौ तिहत्तर पंचायतों में कुल पांच लाख ग्यारह हजार चार सौ बाईस परिवारों को इस योजना के तहत कवर किया जा चुका है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए केन्द्र सरकार आधार की तरह हरेक राशन कार्ड को एक विशिष्ट पहचान संख्या देगी प्रदेश के खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नये राशन कार्ड से खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लाभुक देश भर में कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे उन्होंने कहा कि इसके अलावा सरकार एक ऑनलाईन इंट्रीग्रेटेड सिस्टम भी विकसित कर रही है जहां राशन कार्डधारकों से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध होगी प्रदेश मे तेरह कैंसर जांच केन्द्र खोले जायेंगे इसके अलावा कैंसर के इलाज के लिए तीन विशेष केन्द्र भी बनाये जायेंगे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने पीएमसीएच में कैंसर सिंकाई मशीन के लोकार्पण समारोह के दौरान यह घोषणा की उन्होंने कहा कि इसके लिए स्थानों के चयन की प्रक्रिया जारी है श्री पांडेय ने कहा कि पटना के इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान और मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच में क्षेत्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना का काम प्रगति में है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही दो हजार छह सौ डॉक्टरों की नियुक्ति की जायेगी उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी प्रखंडों में एक एक फिजिशियन की नियुक्ति की तैयारी भी चल रही है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने कहा है कि अब मोबाईल नम्बर पोर्टेबिलिटी की प्रक्रिया चौबीस घंटे के अंदर पूरी होगी प्राधिकरण ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर नये नियम प्रभावी हो जायेंगे वर्तमान में नम्बर पोर्ट करने में आठ से दस दिन का समय लगता है आयकर विभाग ने राजधानी पटना के एक निजी मेडिकल कोचिंग संस्थान के पंद्रह ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर करोड़ों रुपये की कर चोरी का खुलासा किया है सूत्रों ने बताया कि कोचिंग संचालक के आवास के अलावा चौदह अन्य ठिकानों पर छापेमारी की गई संस्थान से जूड़े झारखंड के जमशेदपूर स्थित एक ठिकाने पर भी छापेमारी की गई है छापेमारी टीम में विभाग के दो सौ अधिकारी और कर्मचारी दिन भर लगे रहे इस दौरान लगभग एक करोड़ रुपये नकद के साथ ही निवेश से संबंधित कई दस्तावेज भी जब्त किये गये पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा में भारतीय स्टेट बैंक के एक ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक द्वारा खाताधारकों के एक करोड़ रूपये लेकर फरार होने का मामला प्रकाश में आया है सूत्रों ने बताया कि इस ग्राहक सेवा केन्द्र में चार हजार से अधिक खातों से हेराफेरी कर लगभग एक करोड़ रूपये की निकासी की गयी संचालक डेढ़ महीने से फरार है प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार और झारखंड में पांच लाख रूपये के इनामी नक्सली कमांडर संदीप यादव की लगभग अठासी लाख रूपये की जब्त की गयी चल अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है इस साल पांच फरवरी को ईडी ने नक्सली की संपत्ति मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत जब्त की थी ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि प्रदेश में मनरेगा के माध्यम से दस हजार खेल मैदान विकसित किये जायेंगे साथ ही एक हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण होगा श्री कुमार ने बताया कि योजना के तहत पशुपालकों के लिए निःशुल्क शेड का निर्माण भी कराया जायेगा

रियल ई स्टेट रेगुलेटरी ऑथरिटी रेरा ने अनिबंधित परियोजनाओं की जांच का जिम्मा निजी एजेंसियों को देने का फैसला किया है पहले चरण के तहत पन्द्रह जिलों में चल रही विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं का सर्वे किया जायेगा पटना उच्च न्यायालय ने बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी में कनीय अभियंताओं की बहाली प्रक्रिया पर रोक लगा दी है वहीं पूर्वी चंपारण के ढाका अनुमंडल अस्पताल में पेशी के दौरान एक आरोपी की हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्व करने का आदेश दिया है बिहार स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता तरंग का आयोजन छह अगस्त से होगा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने प्रतियोगिता का कैलेंडर जारी कर दिया है इस प्रतियोगिता के माध्यम से राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में राज्य के बेहतर प्रदर्शन के लिए संकुल स्तर पर प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज की जायेगी ये खेल प्रतियोगिताएं अंडर फोर्टीन और अंडर सेवेंटिन आयु वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए होगी बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय बोध कल्वर सेंटर का निर्माण किया जायेगा सात एकड़ जमीन में बनने वाले इस सेंटर पर एक सौ बयालीस करोड़ रूपये खर्च होंगे पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल से दो नाइजेरियन नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है इनके पास से कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किये गये है नालंदा जिले के बिंद बाजार के नजामत टोला में विषाक्त प्रसाद खाने से सड़सठ लोग बीमार हो गये इनमें से बत्तीस को बेहतर इलाज के लिए बिहारशरीफ रेफर किया गया है बारसोई रेलवे स्टेशन पर महानंदा एक्सप्रेस से तीन यात्रियों को नशे की हालत में उतारा गया आरपीएफ ने बताया कि ये सभी नशाख्रानी गिरोह के शिकार हुए हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सूर्खी बनायी है हिन्दुस्तान लिखता है भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए कानून बनाये केन्द्र सुप्रीम कोर्ट दैनिक जागरण ने राज्य कैबिनेट के फैसले से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है दुष्कर्म या तेजाब पीड़ितों को अब सात लाख तक मिलेगी सहायता प्रभात खबर की सुर्खी है सामान्य से बयालीस फीसदी कम बारिश राज्य पर मंडरा रहा सूखे का खतरा दैनिक भास्कर लिखता है राज्य में तेरह जगहों पर जल्द खोले जायेंगे कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर